उनका पार्थिव शरीर दोपहर एक बजे तक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा जहां लोग उन्हें श्रद्वांजलि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि अंतिम यात्रा पार्टी मुख्यालय से दोपहर एक बजे शुरू होगी और शाम चार बजे दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार किया जाएगा रवाना इधर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए कल शाम दिल्ली पहुंच गए हैं मनाली वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे घर मनाली के प्रीणी गांव में शोक स्वरूप कल शाम किसी भी घर में चुल्हा नहीं जला उनके निधन से पूरा गांव गमगीन है हमारे कुल्लू प्रतिनिधि ने बताया कि गांव के करीब चालीस लोगों का एक दल अटल जी के अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली रवाना हो गया है वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में कुल्लू और मनाली के कारोबारी आज बाजार बंद रखेंगे शोक इस बीच लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनकि क्षेत्र के केंद्रीय उपकमों में आज आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है

राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर रूफटॉप सौर उर्जा संयंत्र लगा सकता है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है लंबी बीमारी के बाद भारत रत्न वाजपेयी ने एम्स में ली अंतिम सांस शोक में डूबा पूरा देश दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है मेरे अटल जी आंखों के सामने हैं स्थिर हैं अमर उजाला के शब्द हैं अटल के गांव प्रीणी में नहीं जले चूल्हे हिमाचल में दो दिन सार्वजनिक अवकाश दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रीणी को दूसरा घर मानते थे वाजपेयी शांत वादियों में लिखते थे कविता पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है रोहतांग सुरंग का नामकरण अटल के नाम से हो

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचली कर्मचारियों पेंशनर्ज को चार फीसदी अंतरिम राहत

जबकि दैनिक न्याय सेतु का कहना है भूतपूर्व सैनिकों की वृद्ध विधवाओं को अब मिलेगी तीन हजार पेंशन अब एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय विराट व्यक्तित्व की विदाई में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को राष्ट्रीय क्षति बताया है जबकि दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय अटल रिश्तों का हिमाचल में लिखा है कि हिमाचल की तकदीर में वाजपेयी को चित्रित करती राजनीतिक इच्छाशक्ति अगर रोहतांग सुरंग जैसी परियोजना को पूरा कर रही है तो औद्योगिक पैकेज ने इस राज्य को आत्मनिर्भर होने की वजह बताई